प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है भारत और बांग्लांदेश के बीच आज वर्च्अल द्विपक्षीय शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारत और बांग्लांदेश दवाओं चिकित्सा उपकरणों और डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सम्पर्क सुविधा भी बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है भारत बांग्लादेश वर्चअल शिखर बैठक में श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंग बंध् डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उर्जा विभाग को डीवीसी पर निर्भरता खत्म करने के लिए राज्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया है ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कल उन्होंने कहा कि व्यव्स्था दुरूस्त होने से ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर होगा और इससे राजस्व भी बढ़ेगा उन्होंने डीवीसी कमांड एरिया में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनाने में तेजी लाने को कहा इस दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि लातेहार चतरा के बीच ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनकर तैयार है श्री सोरेन ने अधिकारियों को बिजली बिल वितरण और संग्रहण की व्यवस्था बेहतर बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने पर बल दिया उन्होंने सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करने को कहा पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा है कि मुसाबनी प्रखंड स्थित सूर्यबेड़ा गांव में सड़क का जल्द निर्माण किया जाएगा बिजली भी तीन महीने के अंदर पहुंचायी जाएगी उपायुक्त ने जनता दरबार लगाकर उस गांव के विकास की कई योजनाओं की घोषणा की उन्होंने इस गांव के बेरोजगार युवकों का निबंधन कराकर मनरेगा के तहत काम देने की भी बात कही

फिर भी यहां मूलभूत सुविधाएं अबतक उपलब्ध नहीं हो पायी थी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों के बीच भ्रांति फैलाने को अनुचित बताया है वे आज जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश के किसान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं केंद्र सरकार ने नये कृषि कानून में उत्पादन को बढाने के लिए कई नियमों का प्रावधान किया है एक सवाल के जवाब में उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले को द्र्भाग्यपूर्ण बताया

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राजभवन के दरबार हॉल में रांची विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रो कामिनी कुमार द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक क्रोमोजोम्स का लोकार्पण किया इस पुस्तक का उद्देश्य गुणसुत्र क्रोमोजोम विज्ञान को आसान और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है जो शोधार्थियों विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए सहायक है इस पुस्तक में गुणसूत्रों से संबंधित विषयों पर विभिन्न महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों को सम्मिलित किया गया है इसके अलावा राज्यपाल ने रांची विश्विद्यालय के कुलसचिव डॉ मुकुन्द चंद्र मेहता द्वारा लिखित दो पुस्तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कॉरपोरेट गर्वनेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिब्लिीटी ऑफ बिजनेस का भी लोकार्पण किया राज्यपाल ने उन्हें इन पुस्तकों के लेखन कार्य के लिए बधाई दी

स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में एक लाख बारह हजार एक सौ इक्कीस मामले आ चुके हैं जिनमें इलाज के बाद एक लाख नौ हजार पांच सौ बत्तीस संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब एक हजार पांच सौ पचासी मामले सक्रिय हैं वहीं अबतक इस संक्रमण से एक हजार चार लोगों की मौत हो चुकी है कल रांची से सतासी पूर्वी सिंहभूम से तीस बोकारो से अठारह पलामू से नौ धनबाद से सात देवघर और रामगढ़ से छह छह हजारीबाग से पांच गढ़वा खूंटी और कोडरमा से चार चार लोहरदगा और पींचमी सिंहभूम से तीन तीन ग्मला से दो और साहिबगंज से एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई राज्य में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों में पीएचसी और सीएचसी स्तर पर वैक्सीन पहंचाने की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है

राज्य स्तर पर एनएचएम में स्टेट वैक्सीन सेंटर बनाया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है भारत में विकसित कोरोना के स्वदेशी टीके को वैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं इसके निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है पहले चरण के परीक्षणों में इस टीके के उपयोग के कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम नहीं देखने को मिले भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने बताया है कि टीके को दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है कोवैक्सीन उन तीन टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है

इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में निरंतर कमी के कारण देश में इलाजरत मरीजों की संख्यां कुल संक्रमित लोगों की केवल तीन दशमलव दो चार प्रतिशत रह गई है

साहिबगंज जिले के ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है इस कारण सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी हो रही है

पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के मतनाग से अपहत किसान विश्वनाथ यादव का शव बरामद हआ है एक सप्ताह पूर्व किसान विश्वनाथ यादव का अपहरण हुआ था

घटनास्थल पर शव के साथ एक देसी पिस्टल भी मिला है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतक के परिजनों ने और पारा शिक्षक ईश्वरी यादव सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था लेकिन पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं की है साहिबगंज जिले में राधा नगर से पुलिस ने दर्जन भर से अधिक लूट कांड के आरोपी मिहिर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है साहिबगंज पाकड और गोड्डा जिले की पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेंबाजी का फैसला किया श्रृंखला का पहला मैच गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है